सुबह से ही पटना सहित आप पास के क्षेत्रों में छाया हुआ है घना कोहरा

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटे के लिए पूरे प्रदेश में ठंड शीतलहर और घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है सुबह से ही पटना सहित आप पास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है कम दृष्यता के कारण राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि दो से चार जनवरी तक राज्य में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की सम्भावना है और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है ठंड के कारण राज्य में अब तक छब्बीस लोगों की मृत्यु हो गयी है राज्य में गया इस मौसम का सबसे ठंडा शहर रहा जहां का न्यूनतम तापमान दो दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट रेरा से जुड़ी निर्माण एजेंसियां आज अपने खर्च और निर्माण प्रगति का लेखा जोखा नहीं देती है तो उन सभी पर पहली जनवरी से प्रतिदिन एक हजार रूपये की दर से जुर्माना लगाया जायेगा इधर सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को फ्लैट नहीं देने के मामले में अम्रपाली ग्रुप के पूर्व चेयरमेन अनिल शर्मा की निजी और कारोबारी सम्पत्ति नीलाम करने का आदेश दिया है न्यायालय ने अम्रपाली ग्रप के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिना बिके फ्लैटों की नीलामी के भी निर्देश दिये हैं बिहार पूलिस ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध की घटनाओं में बेहतर अनुसंधान और न्याय दिलाने के लिए मानक जांच प्रक्रिया तैयार की है इसके अन्तर्गत पीड़ित महिला किसी भी थाने में घटना की शिकायत दर्ज कर सकती है पुलिस बयान दर्ज करने के लिए पीड़िता को थाना आने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है एडीजी मुख्यालय पटना जितेन्द्र कुमार ने बताया कि दुष्कर्म और दूसरे संगीन आपराधिक मामलों में केस के प्रभारी की जिम्मेदारी घटनास्थल को सुरक्षित रखने की होगी केन्द्र सरकार देश में सभी द्रसंचार कंपनियों को फाइव जी स्पेक्ट्रम का परीक्षण करने की अनुमति देने का सिद्धांत रूप से निर्णय लिया है केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए वेब पोर्टल जारी करते हुए यह जानकारी दी सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ सीडीएस नियुक्त किया गया है सीडीएस सैन्य मामलों में सरकार के एकल बिंदु सलाहकर के रूप में काम करेगा और थलसेना वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जनरल रावत आज थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में थलसेना वायुसेना और नौसेना संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए एक नया खण्ड जोड़ा था जिसके अंतर्गत चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवा कर सकेंगे राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए वाहनों पर लगाये जाने वाले फास्टैग में अब क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भी राशि डाली जा सकेगी रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है इसमें कहा गया है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में अब तक सिर्फ बैंक खातों और प्रीपेड माध्यमों से फास्टैग को जोड़ने की अनुमति थी केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि अब सभी अधिकृत भुगतान तंत्र एवं प्रणालियों से फास्टैग में राशि डालने की अनुमति दी गयी है इसमें गैर बैंकिंग प्रीपेड इंस्ट्रमेंट कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई शामिल हैं ग्राहक इन सभी को फास्टैग से जोड़ सकेंगे इसके बाद इन माध्यमों से टोल और पार्किंग का भुगतान हो सकेगा आयकर स्थायी लेखा संख्या पैन को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़े जाने की अंतिम तारीख अगले वर्ष इकतीस मार्च तक बढ़ा दी गई है इससे पहले यह सीमा आज समाप्त हो रही थी यह आठवां अवसर है जब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाई है पिछले वर्ष सितम्बर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध बताया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर विवरणी दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान अनिवार्य होगी सिख धर्म के दसवें ग्रू ग्रूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ तिरपनवां प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह आज से पटना सिटी स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब गुरूद्वारे में शुरू हो गया है सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों से आये रागी यहां शबद कीर्तन कर रहे हैं रात्रि साढ़े आठ बजे से कवि दरबार आयोजित किया जायेगा जिसमें गुरू महाराज के शिक्षा उपदेशों और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में श्रद्वालुओं को बताया जायेगा इधर दरबार साहिब में मत्था टेकने वालों की लम्बी कतार देखी जा रही है सुबह बड़ी संगत गाय घाट स्थित गुरूद्वारे से प्रभात फेरी निकाली जा रही है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्वालू भाग ले रहे हैं वहीं प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिये देश विदेश से सिख श्रद्धालुओं के लिए कंगन घाट टेंट सिटी सहित आस पास के क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की गयी है श्रद्दालुओं के लिए चौबीसों घंटे लंगर के प्रबंध किये गये हैं मुख्य समारोह दो जनवरी तक आयोजित होगा साहित्कार उषा किरण खान को इस वर्ष के भारत भारती पूरस्कार से सम्मानित किया गया है लखनऊ में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने विभिन्न साहित्यकारों को अलग अलग राजकीय पुरस्कारों से सम्मानित किया इस अवसर पर भागलपुर के श्री भगवान सिंह को भी महात्मा गांधी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया वर्ष दो हजार उन्नीस की समाप्ति और नये वर्ष के आगमन के जश्न को देखते हए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये है राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गयी है पटना जिला प्रशासन ने शहर के उन्नीस सार्वजनिक स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है शहर के होटलों और क्लबों में पुलिस बल और अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे प्रशासन ने गंगा नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी है साथ ही प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कक्ष भी बनाये गये हैं देश के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा पुख्ता करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित एंट्री पास जारी करने की शुरुआत की है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट का रिजल्ट आज जारी होगा नेट परीक्षा दो से छह दिसम्बर के बीच आयोजित किया गया था इस परीक्षा का परिणाम यूजीसी के वेबसाईट पर देखा जा सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रग्बी चैंपियनशिप में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की टीम महिला वर्ग में उप विजेता बनी है खेले गये फाइनल मुकाबले में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की टीम केआईआईटी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से पराजित हुई महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सम्पन्न राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के नीतीश कुमार ने कांस्य पदक जीता है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ओर से आयोजित कुश्ती स्पर्धा में नीतीश ने इकसठ किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि प्राप्त की है कटक में खेले जा रहे ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के पहले राउंड में बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी की टीम ने पटना यूनिवर्सिटी की टीम को दस विकेट से पराजित कर शानदान जीत दर्ज की है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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है महिलाएं किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगी शिकायत दैनिक जागरण लिखता है सर्दी का सितम राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य हिस्से लगातार पांचवें दिन भी कोल्ड की चपेट में दैनिक भास्कर की सुर्खी है आईआईटी हैदराबाद की अध्ययन रिपोर्ट बिहार के गांवों से पलायन करने वालों में अठहत्तर प्रतिशत शहरों में जाते हैं प्रभात खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखता है राज्य में प्लाईवुड फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने को बनेगी नीति आज अखबार का शीर्षक है रावत बने प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज संभालेंगे पद

सुबह से ही पटना सहित आप पास के क्षेत्रों में छाया हुआ है घना कोहरा